केन्द्रीय दल हाल ही में आई बाढ़ आपदा से हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए केंद्र सरकार का एक दल आज प्रदेश के दौरे पर आ रहा है

केंद्रीय अध्ययन दल बाढ़ प्रभावित जिले सीहोर रायसेन होशंगाबाद हरदा और देवास जाकर बाढ़ से चौपट हुई फसलों और अन्य नुकसान का आंकलन करेगा केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव आश्तोष अग्निहोत्री के नेतृत्व वाले दल में कृषि वित्त जल संसाधन सड़क परिवहन राजमार्ग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे खासतौर से भोपाल होशंगाबाद और जबलपुर जिलों में बाढ़ के कारण किसानों की खरीफ फसलों को भारी नुकसान पहुंचा और कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए और घरेलू सामान बर्बाद हो गया है राफेल लड़ाकू विमान राफेल आज वायूसेना में शामिल किया जाएगा इस मौके पर हरियाणा के अंबाला स्थित भारतीय वायुसेना अड्डे पर आयोजित कार्यक्रम में फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पारली और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे

इस योजना के तहत दो लाख परिवार को अपना घर मुहैया कराया जाएगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अधिकारियों को इस कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक मनाने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दो लाख आवास बनाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य है कि हर परिवार के पास अपना घर हो प्रधानमंत्री श्री मोदी इन आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराएंगे इस मौके पर प्रधानमंत्री प्रदेश के हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे उपचुनाव प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों के लिये राजनीतिक सकियता बढ़ रही है

पोषण माह महिला बाल विकास विभाग द्वारा सितम्बर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है

इसमें न्यूट्रीशियन विशेषज्ञ डॉ अमिता सिंह प्रतिभागियों के सवालों का जवाब देंगी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी तैयारियों को लेकर कल मंत्रालय में समीक्षा बैठक की मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्रता पर्ची के आधार पर खाद्यान्न वितरण की प्रतीकात्मक शुरुआत सभी राशन दुकानों से की जाए

कार्यक्रम आयोजन में ग्राम पंचायतों तथा नगरीय निकायों का भी सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा खाद्यान्न वितरण के लिए भोपाल में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम को फेसबुक ट्विटर और समस्त क्षेत्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा

परीक्षार्थी मंडल की वेबसाइट से पूरक परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं

इस पुरस्कार के लिये किसानों और समूहों को चयन के लिये कलेक्टर की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया गया है समिति में कृषि उद्यानिकी पषु चिकित्सा मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी और वैज्ञानिक बतौर सदस्य षामिल रहेंगे यह समिति विकासखंडों से प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर मुल्यांकन कर सर्वोत्तम कृषक और कृषक समूह का चयन पुरस्कार के लिये करेगी मौसम बारिश का दौर थमने के बाद भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांष हिस्सों में गर्मी और उमस महसूस की जा रही है हालांकि भोपाल के अलावा प्रदेश के कुछ स्थानों पर कल हल्की से मध्यम बारिश हुई जिससे शाम के समय तापमान में गिरावट आई

मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल के अनुसार प्रदेश में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिष हो सकती है

उन्होंने वीडियो संदेष में अपने सम्पर्क में आए अधिकारियों और समर्थकों से कोरोना की जांच करवाने का आग्रह किया है

एसोसिएशन के नरेंद्र साहू ने बताया कि कृछ व्यापारियों के संकमित होने के कारण दुकाने बंद रखने का फैसला किया गया है